प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर मौसम विभाग ने आज बालाघाट टीकमगढ़ दमोह और सागर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी कोरोना प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी की जाएं जिससे घर पर भी मरीज का अच्छा इलाज एवं पूरी देखभाल हो सके

देवास शाजापुर क्षेत्र के सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी ने ट्वीटर पर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है

केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में लाने में मदद मिली है

उन्होंने इस योजना को गरीब वर्ग को दृष्चक से आजादी दिलाने वाला बताते हुए आजादी का जश्न मनाने की अपील की थी

उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण किसान सम्मान निधि और कोरोना काल में वित्तीय मदद जैसे कार्यो में जनधन योजनाने अहम भूमिका निभाई है पीएम रक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण पर खासा जोर देते हए कहा है कि सरकार का उद्देश्य रक्षा उत्पादन को प्रोत्सोहन देना नयी प्रौद्योगिकी को विकसित करना और रक्षा क्षेत्र में निजी निर्माताओं की भूमिका प्रभावी बनाना है उन्होंने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रक्षा उत्पादों के विनिर्माण संबंधी आत्म निर्भर भारत पर केन्द्रित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दशक के दौरान इस दिषा में किसी भी तरह की गंभीर कोशिशें नहीं की गयीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हालात अब लगातार बदल रहे हैं और इस दिशा में ऐसे निरन्तर कोषिशें हो रही हैं जिससे रक्षा क्षेत्र में सुधार आता जा रहा है प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में उठाए गए कई ठोस कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा उत्पादन में लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार हुए हैं बेहतर रक्षा निर्माता सामने आए हैं और निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाया गया है श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में निर्माणाधीन दो रक्षा गलियारों का जिक्र किया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारें आपसी तालमेल के साथ आध्निक बुनियादी ढांचे बनाने में जुटी हैं आगामी पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में बीस हजार करोड रूपए के निवेश का लक्ष्य् रक्षा गया है

वहीं देष में स्वच्छता सर्वेक्षण में चार बार लगातार अव्वल रहे इंदौर ने गीले कचरे के निपटान के लिए एक नई पहल की गई है

भिंड दूसरे और बैतूल तीसरे स्थान पर रहा

वहीं रायसेन सहित अन्य जिलों को भी अभियान के अंतर्गत कार्यो के लिए सराहा गया

उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य आदिवासियों के जीवन को खुशहाल बनाना है

इस अवसर पर आदिवासियों हितग्राहियों ने भी अपनी बात रखी

मौसम प्रदेश में एक बार फिर व्यापक बारिश का दौर शुरू हुआ है राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में कल रात से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है

मौसम विभाग ने आज बालाघाट टीकमगढ़ दमोह और सागर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है

किसानो ने सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की

इस दौरान हाथियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा